उन्होंने ये जानकारी आज कांगड़ा ज़िले के नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र में लोहार लाहड़ी उठाऊ पेयजल योजना के लोकार्पण अवसर पर दी

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मध्यम वर्ग व गरीब परिवारों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के आधार पर ही लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को जनता ने समर्थन दिया है बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सिंचाई व जन स्वास्थ्य विभाग को सिरमौर जिले के पेयजल समस्या वाले गांवों में पानी की वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं नाहन में आज जन सुनवाई कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में पानी की गम्भीर समस्या उत्पन्न हुई है वहां टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति की जाए बिंदल ने कहा कि भीषण गर्मी पड़ने से अनेक जलस्रोत सूखने लगे हैं जिसके चलते पानी की समस्या हो रही है उन्होंने अधिकारियों को जन समस्याएं गम्भीरता से लेने और इनके समय पर निपटारे के निर्देश दिए कुरियन सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने मध्यस्थता से विवादों के निपटारे के कार्यक्षेत्र को और अधिक बढ़ाने की ज़रूरत पर बल दिया है वे आज कुल्लू में वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र रैफरल व मध्यस्थता प्रक्रिया विषय पर आयोजित एक सम्मेलन में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि मध्यस्थता से मामले निपटाने से जहां न्यायालयों में दबाव कम होगा वहीं लोगों को सुलभ व सस्ता न्याय घरद्वार के समीप उपलब्ध होगा न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने कहा कि आज के इस सम्मेलन का उद्देश्य त्वरित न्याय के प्रति लोगों को जागरूक करना है प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धर्म चंद चौधरी ने भी अपने विचार साझा किए प्रणाली केन्द्र सरकार ने दिल का दौरा पड़ने के बाद रोगियों की तत्काल देखभाल के लिए कुशल प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है

उपायुक्त अमित कश्यप ने बताया कि राज्यपाल आचार्य देवव्रत उत्सव का विधिवत शुभारम्भ करेंगे

निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक देवासेन नेगी ने बताया कि जनता की सुविधा के लिए पुराना बस स्टैंड से लक्कड़ बाजार संजौली होते हुए दो बसें पुराना बस स्टैंड तक चलेंगी वहीं दो बसें पुराना बस स्टैंड से छोटा शिमला की ओर चलेंगी मैहली और ढली के लिए भी बस सुविधा उपलब्ध रहेगी

इनमें राजकीय विद्यालय गेहड़वीं में करीब डेढ़ करोड़ रूपए से बनने वाले विज्ञान भवन की आधारशिला शामिल है इस अवसर पर उन्होंने कहा कि झंडूता विधानसभा क्षेत्र का एक समान विकास सुनिश्चित बनाया जा रहा है और अनेक विकास कार्य इलाके में शुरू किए गए हैं श्याम सरन नेगी देश के प्रथम मतदाता श्याम सरन नेगी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र में भारी बहुमत से बनी सरकार से जनता को काफी उम्मीदें हैं

इसमें देशभर से आए रागी जत्थों ने संगतों को गुरूवाणी से निहाल किया इस दौरान उन्होंने सभी से गुरू नानक देव जी के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया सर्व सांझी गुरमत कमेटी के अध्यक्ष तलविंदर सिंह सबरवाल ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य सभी समुदाय के लोगों को एकता के सूत्र में पिरोना है विधिक साक्षरता शिमला ज़िले की ग्राम पंचायत बल्देयां में आज विधिक साक्षरता शिविर में लोगों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी परविन्दर सिंह अरोड़ा ने शिविर की अध्यक्षता की इस अवसर पर अधिवक्ताओं ने लोगों को सूचना का अधिकार उपभोक्ता संरक्षण और घरेलू हिंसा सहित विभिन्न अधिनियमों से अवगत करवाया